राज्य सरकार ने कुछ ओर रियायतों के साथ जिलों को रेड ओरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए है कन्टेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं पुलिस और प्रशासन की जरूरी गतिविधियों के अलावा किसी भी तरह की रियायत लागू नहीं होगी राज्य में पहले की तरह ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक रहेगी पुलिस और प्रशासन के लोगों चिकित्साकर्मियों आईटी कम्पनियों के स्टाफ दवा दुकानदार और मालवाहक वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा अन्य लोग चिकित्सकीय आपात स्थिति या अन्य विशेष कारण होने पर अनुमति लेकर आ जा सकेंगे

रात की पारी में काम करने वाली फैक्ट्रियों के संचालन की अनुमति होगी एयर एम्बूलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों को छोडकर घरेलु और अंतर्राष्ट्रीय उडानों पर रोक रहेगी सभी मैट्रो रेल सेवाएं बंद रहेगी सभी स्कूल कॉलेज शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे ऑनलाईन पढाई जारी रहेगी स्वास्थ्यकर्मियों पुलिसकर्मियों फंसे हुए पर्यटकों और विशेष ड्यूटी में लगे हुए लोगों के लिए तथा क्वारेन्टीन सुविधा में रह रहे लोगों के लिए होटल और केन्टीन के अलावा सभी रेस्टोरेंट और होटल बंद रहेंगे हालांकि होटल रेस्टोरेंट खाने की होम डिलिवरी कर सकेंगे सभी सिनेमा होल शोपिंग मॉल जिम थियेटर मनोरंजन पार्क ऑडिटोरियम और अन्य सार्वजनिक सभा स्थल बंद रहेंगे सामाजिक राजनैतिक खेल मनोरंजन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा सभी धार्मिक स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे स्पोर्टस कॉम्पलेक्स स्टेडियम गोल्फ कोर्स और पोलो ग्राउण्ड खोले जा सकेंगे लेकिन यहां दर्शकों को अनुमति नहीं होगी पान ग्रटखा और तंबाकू की बिकी पर रोक रहेगी कन्टेनमेंट जोन के अलावा अन्य स्थानों पर सभी दुकानें खोली जा सकेंगी लेकिन यहां ग्राहकों और दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा छोटी दुकानों पर दो और बडी दुकानों पर पांच ग्राहकों से ज्यादा खडे नहीं हो सकेंगे नाई की दुकानें सैलून और ब्यूटीपार्लर कुछ शर्तो के साथ खुल सकेंगे शादी समारोह में पचास से ज्यादा और अंतिम संस्कार में बीस से अधिक लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं है ओरेंज जोन में टैक्सी और कैब ड्राइवर के अलावा दो सवारियों के साथ चल सकेंगी ऑटो रिक्शा और साईकिल रिक्शा चालक के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति को बैठा सकेंगे इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने और गुटखा तंबाकू न थूकने के नियम सम्पूर्ण राज्य में पहले की तरह ही लागू रहेंगे

इसके अलावा बीएसएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है हालांकि चिकित्सकों की मेहनत भी रंग ला रही है और राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है

इधर जयपुर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी अजिताभ शर्मा ने कल जिला कलक्ट्रेट में बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा किए गए इंतजाम और आने वाले दिनों में अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में चर्चा की और व्यापक स्तर पर इस बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए राजस्थान सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है

जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर और तहसील स्तर की समिति के अध्यक्ष जिले के उपखण्ड अधिकारी होंगे

कल अजमेर से एक हजार तीन सौ प्रवासी श्रमिकों को विशेष ट्रेन के माध्यम से उत्तरप्रदेश भेजा गया वहीं बीकानेर से भी एक ट्रेन करीब साढे बारह सौ यात्रियों को लेकर उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हई

मनरेगा के तहत अजमेर जिले में पिछले एक महीने में सवा लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया गया है

कार्यस्थलों पर सोशल डिस्टेन्सिंग का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है